प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा शारदीय नवरात्र में आज महाष्टमी पर्व प्रदेश में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हए भक्त कर रहे हैं माता के दर्शन केंद्र सरकार ने कल सोलह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों को पहली किस्त के रूप में देने के लिए छह हजार करोड़ रुपये उधार लेकर स्थानांतरित किए हैं ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड बिहार आंध्र प्रदेश असम गोआ गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मेघालय ओडिशा तमिलनाड् और त्रिप्रा तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने यह पैसा पांच दशमलव एक नौ प्रतिशत के व्याज पर उधार लिया है इसे राज्यों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाएगा यह उधार तीन से पांच साल में चुकता करना होगा केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान जीएसटी वसूली में गिरावट की भरपाई करने के लिए उधार की विशेष व्यवस्था की है इक्कीस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त मंत्रालय की देख रेख में इस तरह की विशेष व्यवस्था करने को कहा था केन्द्र सरकार ने कल कहा कि उसने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं एक बयान में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा है कि कल से इकत्तीस दिसम्बर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है सचिव ने कहा कि थोक विक्रेता पच्चीस मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते है जबकि खुदरा व्यापारियों को दो मीट्रिक टन का भंडार रखने की इजाजत होगी बढ़ती कीमतों पर अंकृश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने की चौदह तारीख को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी ताकि खरीफ मौसम में नया प्याज आने तक घरेलु उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके महिला सशक्तिकरण के लिए कल से प्रदेश के एक हजार पांच सौ पैतीस थानों पर मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला हेल्प डेस्क की शुरूआत हो गयी कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान थानों में मात्र हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि हर थाने में अलग से ट्रांसपैरेंट रूम बैठन की उचित व्यवस्था सीसी टीवी कैमरे और कम्प्यूटर सुविधाओं से लैस कर महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जायेगा वाराणसी में वर्ष्अल माध्यम से महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के बाद उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता तभी है जब महिला इसे संचालित करें उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अमियान का उददेश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है और जन जन की जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनका समाधान निकले इस दृष्टि से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है अन्य जिलों से भी थानों में महिला हेल्प डेस्क श्रू होने के समाचार हैं औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित तीन हजार तीन सौ सत्रह सहायक अध्यापकों को कल नियुक्ति पत्र वितरित किये गये लखनऊ में वर्चअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का श्भारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पंजी है कि अपने यवाओं को परी शविता ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चयन की प्रकिया पूरी करते हए उन्हें शासन में यथायोग्य सेवा का अवसर दे सकें उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में सरकार ने तीन लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी हैं किसी भी विभाग में नौकरी देने की प्रक्रिया में कोई आरोप नहीं लगा सकता मुख्यमंत्री ने कहा कि नवचयनित अध्यापकों में जो ऊर्जा और उत्साह है वहीं समाज की सही ताकत है और यह ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और निरंतर आगे बढ़ायेगी विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा वितरित किये गये सिद्वार्थनगर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल विधायक श्याम धनी राही और जिलाधिकारी दीपक मीणा उपस्थित रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है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 औ औ औ औ औ औ औ औ औ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कल प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड सम्बंधी सही तौर तरीके सुनिश्चित करने के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की डॉक्टर हर्ष वर्धन ने बताया कि देश में पिछले तीन महीनों में कोविड महामारी से निपटने के मानदण्डों के पालन में काफी सुधार हआ है उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर नब्बे प्रतिशत के आस पास पहच गई है और मृत्यू दर में भी गिरावट आ रही है

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों को आगाह करते हए कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है भारत ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया हमारे ठीक होने वाले लोगों की दर काफी उत्साहजनक है तेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि महामारी का खतरा टल गया है हम सभी को कोरोना से बचने के लिए बताये गये सभी उपाय जैसे मारक का इस्तेमाल करना सोशल डिस्टेसिंग और बास बार हाथ धोने की आदत डालनी होगी जब तक बहुत जरूरी न हो भीड़ में न जायें सदैव याद रखें जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं शारदीय नवरात्र में आज महाष्टमी पर्व प्रदेश में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए श्रद्दाल् भक्त ब्रम्हमुहूर्त से माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं कोविड महामारी के मद्देनजर उत्सव के दौरान स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है मिर्जापूर नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला अपने चरम पर है माँ विध्यवासिनी के धाम विध्यावत मे चल रहे शारदीय नवरात्र मेले में आज बड़ी संख्या मे श्रयाल पहँचे हुए है चारों तरफ माँ के जय जयकारे की आवाज गूँज रही है मेले मे महिला पुरूष बच्चे क्रद्व समी माँ विच्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं अप्टमी तिथि र्क रेखते हुए मेला क्षेत्र मे सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं उषर हलिया के शीतला माता मांदेर पर भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ इकटगा है

उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध शक्ति पीठ देवीपाटन धाम में श्रद्वालओं की भीड़ लगी हई है पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्वाल् माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं